मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रक्षाबंधन पर्व पर जिलों में बाहर से आने वाले लोगों की स्कीनिंग की पूख्ता व्यवस्था करने के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कल अस्पताल से वीड़ियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की समीक्षा करते हुए क्वारंटीन सेंटर पर भोजन पानी और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की सतर्कता बरती जाये जिससे किसी भी जिले में लॉकडाउन की स्थिति न बने उन्होंने कोरोना की समीक्षा के दौरान कहा कि मास्क पहनने सेनेटाइजेशन और दो गज की दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए इस मौके पर जानकारी दी गई कि प्रदेश में कोरोना के रैपिड एंटीजेन टेस्ट की प्रकिया शुरू हो गयी है दो दिनों में डेढ़ हजार से ज्यादा टेस्ट किये गये हैं

जबलपुर में अब निजी अस्पताल में भी संक्रमितों का उपचार शुरू हो गया है करीब एक दर्जन अस्पतालों और चिन्हित लैब को कोरोना की जांच और ईलाज की अनुमति दी गई है

संकमण वृद्धि को देखते हुए जिले दो दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है

उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप में चौदह दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे इसमें से सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा सात दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे गर्भवती महिलाओं गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर चौदह दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी यात्रियों को गंतव्य तक पहंचने पर नेगेटिव आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है मास्क बैंक प्रदेश में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण इस समय चलाया जा रहा है इसमें मास्क पहनने सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन पर खास जोर दिया जा रहा है विभिन्न जिलों में इसके लिए अलग अलग तरह से अभियान चलाये जा रहे हैं खंडवा में जन जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया है जरूरतमंद लोगों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए मास्क बैंक भी बनाया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे मरीज अपने परिजनों से जुड़े रहेंगे और मनोवैज्ञानिक रूप में ये उनके ईलाज के लिए संबल प्रदान करेगा इस संबंध में कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि मरीजों को अस्पताल में स्मार्ट फोन आदि नहीं रखने दिया जा रहा है रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है इस अवसर पर बहनें अपने भाईयों की कलाई में रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी संपन्नता अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करती हैं भाई इसके बदले में अपनी बहनों को सुरक्षा और सहयोग देने का वचन देते हैं तथा उन्हें उपहार प्रदान करते हैं राज्यपाल आनंदी बने पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्रियों ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है इन्दौर में रक्षाबंधन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल लॉकडाउन में छूट देते हुए राखी पूजन सामग्री और मिठाई की द्वकाने खोलने की छूट गई थी जिससे लोगों ने उत्साह से खरीददारी की खंडवा में महिला स्वसहायता समूह द्वारा आकर्षक राखियां निर्मित की गई जिनकों लोगों ने काफी उत्साह से खरीदा संस्कृत दिवस आज विश्व संस्कृत दिवस है इस अवसर पर कई ऑनलाइन संगोष्ठी और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जायेगा

यह कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम टवीटर हैंडिल एआईआर न्यूज अलटर्स न्यूज ऑन एआईआर के मोबाइल ऐप और आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा मौसम बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं लेकिन तेज बारिश का अभी भी इंतजार है मौसम विभाग ने बताया आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है भोपाल होशंगाबाद छिंदवाड़ा बैतूल सीहोर शाजापुर में अच्छी वर्षा होने की संभावना है इसके अलावा राजगढ रतलाम नीमच बड़वानी खरगोन बुरहानपुर और खंडवा में भी अच्छी बारिश के आसार हैं पूर्वी मध्यप्रदेश के कई जिलों के अलावा बुंदेलखंड में बौछारें पड़ सकती हैं

वे रात्रि विश्राम वहीं करेंगे

कोरोना के कारण कल सीमित संख्या में लोगों को समाधि स्थल पर जाने की इजाजत मिलेगी